ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत में कही उन्होंने कहा कि इस सुरंग का निर्माण लगभग प्ररा हो गया है और अब कुछ ही औपचारिकताएं शेष हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों पर जारी रोक अगले एक सप्ताह में खोल दी जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों को फिर से सैलानियों के लिए खोलने के वास्ते मानक प्रक्रिया तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थानों को फिलहाल श्रद्दालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में मीडिया कर्मियों पर दर्ज मामलों को सरकार शीघ्र वापिस लेगी उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने उद्योगों के लिए बिजली व पानी के बिल माफ नहीं किए हैं बल्कि इनकी देय तिथि को आगे बढ़ाया गया है मुख्यमंत्री ने बाद में रोहतांग सुरंग का निरीक्षण भी किया और इसका शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से दिल्ली में मुलाकात की और एनआईटी हमीरपुर में हुए भ्रष्टाचार की तुरंत जांच करवाने की मांग की उन्होंने इस संस्थान की गिरती रैंकिंग पर भी चिंता जताई और मानव संसाधन मंत्री से तुरंत हस्तक्षेप का आग्रह किया अनुराग ठाकुर ने कहा कि एनआईटी हमीरपुर के निदेशक पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं जिससे संस्थान की छवि खराब हो रही है उन्होंने कहा कि इन आरोपों की तुरंत जांच होनी चाहिए केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले की तुरंत ही जांच होगी और संस्थान की छवि को सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है और कोरोना से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कोरोना प्रभावित परिवारों की हरसंभव सहायता करने का प्रयास कर रही है उन्होंने कोरोना से स्वस्थ हुई वृद्ध महिला की दीर्घ आयु की कामना भी की सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर और लाभप्रद रोजगार देने के लिए कृतसंकल्प है इस दिशा में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो रही है राजीव सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के काटल का बाग में एक आटा मिल के शुभारंभ के उपरांत बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दृढसंकल्प है वहीं सरकार का यह भी प्रयास है कि संकट के इस समय में युवाओं को रोज़गार व स्वरोज़गार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों राजीव सैजल ने इस मौके पर जनसमस्याएं भी सुनी रणधीर शर्मा भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों और गरीबों की आवाज बनी है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के प्रवासी मजदूरों और गरीबों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा दी है